प्रार्थना के बाद अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है

उन्होंने कहा कि वैक्सीन के विकास के बारे में सभी जानकारी पारदर्शी तरीके से प्रदान की जानी चाहिए दैनिक जीवन में उचित पोषण और अनुशासन की भूमिका के विषय पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खराब पोषण की आदते लोगों विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं उन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक करने के लिए ईट राइट मूवमेंट फिट इंडिया मूवमेंट और पोषण अभियान जैसे कदमों की सराहना की

देशभर में सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या पांच गुना से अधिक हो गई है मंत्रालय ने इसे सराहनीय उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यह चिकित्सा के आधारभूत ढांचे मानक उपचार के तरीके के कार्यान्वयन चिकित्सकों और प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों के पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण हासिल किया जा सका है

इस सिलसिले में आज राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया रांची में पच्चीस जगहों पर विशेष शिविर आयोजित कर लोगों की मुफ्त जांच की गयी उधर रामगढ़ जिले में भी रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की कोविड टेस्ट किया गया पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा समेत कई अन्य जिलों में भी कोविड महामारी के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया राज्य में कोरोना संक्रमण को मात देने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अब तक छियासठ हजार से अधिक लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है झारखंड का रिकवरी रेट बढ़कर तिरासी दशमलव पांच नौ प्रतिशत हो गया है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है

राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर बारह हजार चार सौ तैंतीस हो गई है झारखंड बीस लाख से ज्यादा टेस्ट करनेवाले देश के पन्द्रह राज्यों में शामिल हो गया है राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उन्हें रिम्स के ट्रामा सेंटर में बनाये गये कोविड केन्द्र में भर्ती किया गया है श्री महतो को कल रात से सांस लेने में तकलीफ थी इसके साथ ही सर्दी जुकाम और हल्की बुखार के साथ बदन दर्द की भी उन्हें शिकायत थी आज सवेरे उन्हें उनके बोकारो स्थित आवास से एम्बुलेंस के जरिये रांची लाया गया और रिम्स में इलाज शुरू किया गया कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्वांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया

बाद में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री सिंह ने आरोप लगाया कि जिस जमीनदारी प्रथा को कांग्रेस ने सत्तर साल पहले खत्म किया था उसी जमीनदारी प्रथा को भाजपा नेतृत्ववाली केन्द्र सरकार वापस ला रही है इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कृषि विधेयक के राजनीतिकरण के लिए कांग्रेस की आलोचना की है रांची में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है

शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह फैसले को रिकॉर्ड पर लाए और पक्षकारों को स्थगित किश्तों पर चुनौती देने के संबंध में हलफनामा दे केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि मामले पर गंभीरता र्स विचार किया गया न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह विभिन्न उद्योगों व्यापार संघों और व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पांच अक्तूबर को करेगी

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि सिविल सेवा परीक्षाओं को स्थगित करना असंभव है न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग से एक शपथ पत्र देने को कहा था अदालत आगामी बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी

उनके पास से उन्नीस किलोग्राम डोडा बरामद किया गया है खूंटी जिले के सिल्ली प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में प्रखंड स्तर पर चलाये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गयी बैठक में विधायक सुदेश महतो भी शामिल हुए पाकुड़ जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कई ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों का दौरा किया